आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर ग्रासेंण में पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समुहों के लिए वृहद ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम का श्भांरभ किया गया कार्यक्रम को वर्च्अल माध्यम से सबोधित करते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि समाज औक प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहत जरूरी हण महिलाओं की सहभागिता जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी ही तेजी से प्रदेश का विकास होगा

इन चार वर्षो में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई

साडी बैंक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा हैकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण द्वारा ही उनका वास्तविक सशक्तीकरण संभव हण उन्होंने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजभवन में जरूरतमंद महिलाओं के लिए साड़ी बैंक का श्भारम्भ किया उन्होंने कहा कि साड़ी बैंक के जरिए सक्षम महिलाओं की ओर से जरूरतमंद महिलाओं के लिये साड़ियां दी जाएंगी इन सभी साड़ियों का एक बैंक बनाया जायेगा जिससे जरूरतमंद महिलाएं साड़ी ले सकती हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही देहरादून में दो से तीन साड़ी बैंक खोले जायेंगे

महिला दिवस बागेश्वर अल्मोझ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बागेश्वर में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विनीत क्मार बालक बालिकाओं के लिंगान्पात पर बागेश्वर जिले के अव्वल आने पर ख्शी जताई

उधमसिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने भी महिला दिवस की बधाई और श्भकामनाएं दी पन्तनगर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं महिला दिवस टिहरी हरिदवार टिहरी जिला जिला मुख्यालय में महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी विकासखंडों से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रीय परिधानों में रैंप वॉक किया कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन दंपतियों को सम्मानित किया गया जिनकी दो बेटियां हैं इस अवसर पर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितों के कारण ग्रामीण क्षेत्रो से स्वास्थ्य केंद्रों तक आने में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हण उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में मेडिकल टक्सी का पायलट प्रोजेक्ट श्रू किया जाएगा उधर हरिदवार में मेलाधिकारी दीपक रावत ने महिला दिवस के अवसर पर हर की पड़ी पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का उद्घाटन किया

उन्होंने आज नद्वीताल के बीडी पाण्डे महिला एवं प्रूष चिकित्सालय का निरीक्षण किया

इसके अलावा विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं

पलिस महानिदेशक चंपावत प्लिस महानिदेशक अशोक क्मार ने कहा है कि नशे से उबर च्के लोगों का एक संगठन बनाकर उन्हें नशे के खिलाफ जन जागरूकता फ़्लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी चम्पावत जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहंचे प्लिस महानिदेशक ने चम्पावत प्लिस लाइन में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी इस दौरान लोगों ने नशे के खिलाफ अभियान बढ़ाने यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने और संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कमरे लगाने समेत कई समस्याएं बताई प्लिस महानिदेशक ने बताया कि सड़क द्र्घटनाओं को रोकने के लिए प्लिस विभाग द्वारा हिल पेट्रोलिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जा रहा हथ उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना और उनका निस्तारण भी किया उन्होंने कहा कि अब प्लिस के जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्यूटी के लिए जाने पर जरूरी सामान नहीं ले जाना पड़ेगा उन्हें बश्वक पर ही चारपाई और बिस्तर सहित विभिन्न जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे उद्घाटन ग्रासैंण उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा ह कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण ब्यूटी एण्ड वेलनेस और पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए राज्य में पर्याप्त संसाधन और संभावनाएं हैं आज राजकीय पॉलीटेक्निक ग्राप्रसैंण में रोजगार उद्यमिता विकास एवं नवाचार सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस इन इम्पलायमेंट का उद्घाटन किया गया

महिला दिवस पौडी पौड़ी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से घौर कि पच्छ्याण नौनि को नौ कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में प्लिस सेवा के लिए वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक पी रेण्का देवी किसानी के लिए कौशल्या देवी साहित्य के लिए डा ऋतु सिंह और समाज सेवा के लिए प्नम कैंत्रा को सम्मानित किया गया इस अवसर पर वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाएं अपने दम पर अपनी मेहनत से सक्षम हो रही हैं

महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में चार टीमों ने हिस्सा लिया दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया पेशवाई हरिदवार में आज पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई निकाली गई इस पेशवाई का जगह जगह फ़ुलों से स्वागत किया गया पेशवाई में भारी संख्या में नागा संन्यासी शामिल थे अखाड़े से जुड़े संत महंत महामंडलेश्वर भी घोड़े रथ हाथियों पर सवार होकर पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे थे

महाशिवरात्रि के स्नान को देखते हए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई हण हर की पड़ी पर जाने के लिए सभी लोगों के लिए पास की अनिवार्यता लागू कर दी गई हप दर्घटना टिहरी टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन द्र्घटना दो लोगों की मृत्य् हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए

वाहन में चार लोग सवार थे